इस कार्यक्रम के लिए दो लाख साठ हजार से अधिक शिक्षकों और बयान्वे हजार से अधिक माता पिताओं ने भी पंजीकरण कराया है परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम बच्चों के लिए तनावरहित माहौल बनाने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री के नेतृत्व में श्रु किए गए व्यापक अभियान का एक हिस्सा है इस कार्यक्रम के जरिए प्रधानमंत्री स्कृल के विदयार्थियों उनके माता पिताओं और शिक्षकों के साथ आने वाली परीक्षाओं के सिलसिले में बातचीत करेंगे कार्यक्रम के लिए पंजीकरण कराने का कल अंतिम दिन था इस महीने वर्च्अली माध्यम से यह कार्यक्रम आयोजित होगा यह इस कार्यक्रम की चौथी कड़ी होगी

अपने संबोधन में स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार तिरप चांगलांग और लोंगडिंग जिले में संसाधनों के बेहतर प्रबंधन से स्थानीय लोगों के लिए आजीविका के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने पर जोर दे रही है

आकाशवाणी ईटानगर के साथ हए एक साक्षात्कार में श्री नातंग ने कहा कि देश में सबसे अधिक वन अरुणाचल प्रदेश में है लेकिन वन्यजीव की संख्या तेजी से घट रही है उन्होंने कहा कि एयरगन सेरेंडर अभियान के तहत लोगों से संबद्ध वन विभाग में एयरगनो को समर्पण करने की अपील किया जाएगा ईस्ट कामेंग जिले से सत्रह मार्च को इस अभियान की श्रुआत की जाएगी उन्होंने बताया कि बहत से लोग स्वेच्छा से एयरगनों को सेरेंडर करने में दिलचस्पी दिखा रहे है बहरहाल श्री नात्ंग ने कहा कि एयरगन सेरेंडर करने पर राज्य सरकार कोई इनाम देगा या नहीं इस पर सरकार जल्द निर्णय लेंगे वही इस अभियान के तहत वन विभाग बंद्क द्कान मालिकों के साथ जिला स्तर पर बैठक करने की योजना बना रहा है जिसमें एयरगन और एयरगन कारत्सों के बिक्री को निरुतसाहित किया जाएगा

शांति और विकास के लिए खेल कार्यक्रम खेलो इंडिया कार्यक्रम के सामांतर है इस प्रतियोगिता में विभिन्न राजकीय स्कूलों और के जी बी के छात्र भाग ले रहे है कार्यक्रम का उद्घाटन करते हए जिला खेल अधिकारी तेनजिंग जाम्बे ने कहा कि खेल कार्यक्रमों का आयोजन कर किशोरों को सामान्य शैक्षिक सारणी के अलावा दिमागी तौर पर व्यस्त रखा जा सकता है उन्होंने कहा कि सत्रह वर्ष तक के किशोरों के लिए इस खेल कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है

इसके तहत वाहन चालकों को यातायात नियमों के बारे में जागरुक किया जा रहा है पीपूल्स फ्रेंडली प्लिसिंग के उद्देश्य से श्रु की गई रोड साइड पाठशाला में जिला उपाय्क्त कोमकर द्लोम और प्लिस अधीक्षक जिम्मी चिराम ने कहा कि यातायात नियमों के पालन से सड़क द्र्घटनाओं में कमी लाई जा सकती है

कल लोंगडिंग जिला अस्पताल के निर्माण कार्य और जिले के विभिन्न साम्दायिक स्वास्थ्य केंद्रों के निरीक्षण के दौरान श्री लिबांग ने जिला चिकित्सा अधिकारी को अस्पताल के निर्माण और मेडिकल उपकरणों की खरीद के लिए असम के अस्पतालों से बातचीत करने का स्झाव दिया स्वास्थ्य मंत्री ने लोंगडिंग में नशाम्क्त केंद्र के निर्माण कार्य का जायजा लिया और इसे आगामी अप्रैल महीने तक प्रा करने को कहा इस अवसर पर विधायक गेब्रियल डी वांगस् तानफो वांगनाव जिला उपाय्क्त बानी लेगों प्लिस अधीक्षक विक्रम हरिमोहन मीणा और स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारी मौजूद थे